चम्बा में सीमेंट प्लांट लगाने को लेकर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने का सरकार ने लिया फैसला मुख्यमंत्री ने पपरोला रेलवे स्टेशन से बैजनाथ पपरोला पठानकोट के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का किया शुभारंभ राज्य में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व कुछ भागों में वर्षा से शीतलहर जारी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में बताया कि पिछले कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि कई डॉक्टर हिमाचल में डिग्री हासिल करने के बाद दूसरे राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस निर्णय से डॉक्टरों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी कांग्रेस की आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर रोगियों के प्रति सरकार गंभीर है और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है भाजपा के राकेश पठानिया ने भी शिमला स्थित कैंसर अस्पताल में टरशरी केयर सेंटर को लेकर सवाल किया

विधायक आशा कुमारी राकेश पठानिया जगत सिंह नेगी और राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है और यहां रोजाना सौ से एक सौ बीस रोगियों की रेडियो थैरेपी की जाती है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की आशा कमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले के सिकरी में सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार ने सड़क कनैक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा मिलने से कंपनियां यहां सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आकर्षित होंगी

सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मुददे पर सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई

उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भूमि मिलने और छात्रों की संख्या होने पर ही कॉलेज खोलने पर विचार करेगी

भाजपा के परमजीत पम्मी ने कहा कि सरकार द्वारा एक साल के कार्यकाल में सड़कों की रिकार्ड टारिंग करवाई है और प्रदेश का संतुलित विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार का जनमंच कार्यक्रम सफल रहा है और इसके माध्यम से जन शिकायतें मौके पर निपटाई जा रही है कांग्रेस के आशीष बुटेल ने कहा कि एक साल में एक हजार आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और स्वास्थ्य सेवाए चरमराई हुई हैं भाजपा के सुरेंद्र शौरी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे से बचाने को लेकर सराहनीय कदम उठाए गए है और ड्रग माफिया से सख्ती से निपटा जा रहा है कांग्रेस की आशा कुमारी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में स्कीमों की प्रगति के बारे में समीक्षा होनी चाहिए थी

भाजपा के राकेश जमवाल ने कहा कि पूर्व सरकार के पास डीपीआर बनाने को पैसे नहीं थे केंद्र सरकार ने सड़को की डीपीआर बनाने को धनराशि मिली है कांग्रेस के राजेंद्र राणा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस दफ्तर में झगड़े को लेकर बढ़ाचढ़ा कर बोला गया विधायक सुरेश कश्यप कमलेश कुमारी लखविंद्र सिंह राणा बलवीर वर्मा राजेंद्र गर्ग और राजेश ठाकुर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया अनुराग ठाकुर लोक सभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम को बढ़ा कर सांसद विश्व दर्शन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है इस कार्यक्रम के तहत आठ मेधावी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कनाडा भ्रमण पर जाएंगे इस संबंध में उन्होंने आज नई दिल्ली में कनाडा इंडिया फाऊंडेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए फाऊंडेशन के प्रतिनिधियों ने अनुराग ठाकुर की इस पहल का स्वागत करते हुए इसकी सराहना की है उल्लेखनीय है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के पपरोला रेलवे स्टेशन से बैजनाथ पपरोला पठानकोट के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेलवे सेवा से लोगों को आवाजाही में मदद और पर्यटकों को भी इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने बताया कि ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी बैजनाथ पपरोला और पठानकोट तक का सफर पांच घंटे में तय करेगी जयराम ठाक्र ने कहा कि इस रेलवे लाइन पर बड़ी रेलगाड़ी चलाने के प्रयास किए जाएंगे और ट्रैक के उन्नयन के संबंध में मामला केंद्रीय रेल मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा

इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित विधायकगण व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कल नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की उन्होंने प्रधानमंत्री से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया वीरेन्द्र कश्यप ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस संबंध में चर्चा की रथ यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर जनता के मन की बात कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों से उनकी राय जानने और नवभारत के निर्माण के लिए भाजपा ने रथ यात्रा शुरू की है शिमला संसदीय क्षेत्र की रथ यात्रा को आज सोलन से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया ये यात्रा संसदीय क्षेत्र के सभी भागों में जाएगी और भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी इसके साथ रहेंगे

उन पर कथित रूप से आय से अधिक दस करोड़ रूपए से ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है न्यायाधीश सुनील गौड़ ने आज सुनवाई अदालत को चुनौती देने वाली वीरभद्र सिंह की याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उत्तर मांगा

कार्यशाला आकाशवाणी केंद्र शिमला में आज कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की इस दौरान उन्होंने केंद्र के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यस्थल में होने वाले यौन और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में जागरूक किया इस अवसर पर आयोग द्वारा उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार बाद दोपहर से जिले के सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं हमारे कुल्लू प्रतिनिधि के मुताबिक जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले इलाकों में बूंदाबांदी हुई है

हमारे चंबा प्रतिनिधि ने बताया कि लगातार खराब मौसम के कारण जहां लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है वहीं हवाई उड़ाने भी नहीं हो पा रही हैं निचले जिलों हमीरपुर बिलासपुर और ऊना में आज सुबह हल्की वर्षा का समाचार है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिन भर धूप छांव के साथ ठंडी हवाओं का क्रम चलता रहा

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों व पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है स्वाइन फ्लू प्रदेश में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस संक्रमण से निपटने के लिए हर तरह की दवाईयां उपलब्ध है और आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं

नमस्कार